कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

राज्यपाल पंतनगर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि प्रदेश की महिलाएं जड़ी बूटी से जुड़े उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है राज्यपाल ने गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उदयोग प्रदर्शनी का उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को उसके दवारा उत्पादित फसल का सही दाम मिल सके ताकि किसान को कर्ज न लेना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके राज्यपाल ने कृषकों से संवाद भी किया इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश में लगातार गिरते भू जल स्तर पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि हम कैसे जल का संरक्षण करे इस पर कार्य करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी न हो अरविंद पांडे राज्य के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि सरकारी और प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा की ग्णंवत्ता के अंतर को बराबर किया जाएगा उन्होंने कहा कि नई खेल नीति को सरकार जल्द लागू कर देगी फीस एक्ट को लेकर काबीना मंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार प्रदेश में फीस एक्ट को लागू करने का काम पूरा कर देगी

साथ ही दूसरे चरण में खुलने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए भी कवायद श्रू हो जाएगी

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने शासनादेश में कहा है कि औतिक रूप से कक्षाओं के संचालन के दौरान विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जाएगी उन्होंने कहा कि अभिभावकों के अनुरोध पर किस्तों में फीस जमा कराये जाने के संबंध में शिक्षण संस्थानों को सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय लेने को कहा गया है इस बीच एक अन्य शासनादेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग जिसमें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद भी शामिल है के कर्मचारियों की हड़ताल को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध कर दिया गया है

उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो अपने आवास में आईसोलेट होकर सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट कर अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजीटिव आने की जानकारी दी उन्होंने कहा है कि जो भी लोग पिछले क्छ दिनों में उनके निकट संपर्क में आए हैं कृपया वे सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सतर्क हैं कॉलेज के प्राचार्य आश्तोष स्याना ने बताया कि जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे है वो चिंता का विषय है अगर आने वाले समय में राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अस्पताल में पूरी तैयारी है

उन्होंने कहा कि सघन चैकिंग अभियान चलाकर मास्क न पहनने वाले और सामाजिक द्री का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिये

बागेश्वर में श्री कौशिक ने कार्यकर्ताओं से जन समस्याओं को द्र करने के साथ ही जनता के साथ सौम्य व्यवहार अपनाने को कहा है पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हर च्नौती से निपटना जानती है

आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्री कौशिक अपने पहले प्रवास के तहत बागेश्वर पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दौरे पर हैं इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं समीक्षा बैठक काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न पेयजल और सीवरेज योजनाओं के कार्यो में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिये विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में काबीना मंत्री ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं का कार्य अन्तिम चरण में है उनके लोकार्पण की तिथि निश्चित की जाय औऱ जिस योजना मद में पैसा उपलब्ध है उस पर कार्य तत्काल शुरू कराया जाए उन्होंने कहा कि संत्रलित तरीके से पेयजल वितरित किया जाए ताकि सभी घरों और अन्य जगहों में बराबर मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके अमत महोत्सव प्रदेश के राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिदवार के अजीतप्र गांव में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

इसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है

उन्होंने कहा कि इसमें स्वतंत्रता के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा उधर नैनीताल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है जिसमें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है पुर्णागिरी मेला एसओपी चम्पावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है

टनकप्र के उपजिलाधिकारी हिमांश् कफलटिया ने बताया कि दर्शन के लिए आने वाले श्रदधालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा